प्रदेश में जल्द शुरू होगी एक और बॉलीव्ड फिल्म की शूटिंगमुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा प्रदेश में फिल्म पॉलिसी को अपडेट किया जा रहा है

स्वर्गीय तिवारी को श्रद्वांजलि देते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश को मिले स्पेशल पैकेज का जिक्र करते हुए कहा कि प्रदेश के विकास कार्यों में स्वर्गीय तिवारी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है उन्होंने कहा स्वर्गीय तिवारी राजनीतिक दलों से ऊपर थे

वहीं पासपोर्ट सेवा तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए पुलिस विभाग के तहत समुचित प्रावधान किया गया

कल अनुपूरक बजट पर चर्चा के साथ ही प्रश्नकाल भी होगा

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार और संयुक्त राष्ट्र के लक्ष्यों के अनुसार योजनाओं की रूपरेखा रखी गई है मुख्यमंत्री ने योजनाए समय पर शुरू और समाप्त करने पर जोर दिया इस विजन डॉक्यूमेंट में तीन वर्षीय सात वर्षीय और पंद्रह वर्षीय दीर्घकालीन लक्ष्यों को निर्धारित किया जा रहा है साथ ही सभी विभागों को लक्ष्यों को समय पर पूरा करने के लिए रणनीतिक कार्य योजना तैयार करनी है

स्लग फिल्म स्ट्डियो प्रदेश सरकार राज्य में फिल्मों की शूटिंग के निर्माण को बढ़ावा दे रही है और इसी के तहत प्रदेश में कई हिंदी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है जल्द ही एक और फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड की खूबसूरत वादियों में की जाएगी बॉलीवुड के जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक राजकुमार संतोषी भारत पाकिस्तान विभाजन पर बनने वाली अपनी आगामी फीचर फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में करेंगे इस फिल्म की शूटिंग अगले साल मई में शुरु हो जाएगी राजकुमार संतोषी ने आज देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट की इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड में फिल्मों के निर्माण को लेकर विस्तृत चर्चा की उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में फिल्मों की शूटिंग के लिए लोकेशन्स की अपार संभावना है और उत्तराखंड फिल्मों की शूटिंग के लिए वर्ल्ड मार्केट हो सकता है वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य में फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए फिल्म पॉलिसी को अपडेट किया जा रहा है और शीघ्र ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा

चारधाम यात्रा का संचालन उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम से किया गया चारधाम यात्रा में इस बार रिकॉर्ड श्रद्वाल्ओं के पहुंचने पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने खुशी जताई

इस युद्ध में भारतीय युद्धपोतों ने कराची बंदरगाह पर हमला कर पश्चिमी तट पर पाकिस्तान की कार्रवाई को निशाना बनाया था शांतिकाल में देश की समुद्री सीमा को सुरक्षित रखने और मानवीय सहायता अभियानों में नौसेना की भूमिका को उजागर करने के लिए भी यह दिवस मनाया जाता है नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि नौसेना भारतीय समुद्री क्षेत्र को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नौसेना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं श्री कोविंद ने कहा कि देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा व्यापार मार्गों की सुरक्षा और मानवीय आपदाओं के समय सहायता उपलब्ध कराने में महिला और पुरूष नौसैनिकों की प्रतिबद्वता पर राष्ट्र को गर्व है

प्रदर्शनी में चौदह विकासखण्डों ने प्रतिभाग किया इस साल विज्ञान प्रदर्शनी जीवन की समस्याओं के लिए वैज्ञानिक समाधान विषय पर केन्द्रित की गयी जिसमें छात्र छात्राओं द्वारा कृषि और जैविक खेती स्वास्थ्य और स्वच्छता संसाधन प्रबन्धन अपशिष्ट प्रबंधन परिवहन और संचार पर मॉडल प्रदर्शित किये गये

जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने स्यालीधार में सब रिजनल सांइस सेन्टर का भूमि पूजन किया

उन्होंने बताया कि नेशनल काउंसिल आफ सांइस म्यूजियम कोलकाता की ओर से अल्मोड़ा में विज्ञान केंद्र की स्थापना की जा रही है इसकी देखरेख उत्तराखण्ड राज्य और प्रौद्योगिकी परिषद और उत्तराखण्ड स्टेट काउंसिल आफ साइंस टेक्नोलाजी यानि यूकॉस्ट द्वारा की जायेगी छात्र छात्राओं के लिए यहां पर साइंस पार्क इनोवेशन हब और साइंस म्यूजियम बनाया जायेगा जो लगभग तीन साल में बनकर तैयार हो जाएगा